उन्होने कहा कि अगले छह महीने तक निगम का जोर ईटानगर राजधानी क्षेत्र की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने पर होगा श्री फासांग ने कहा कि क्षेत्र के सभी खेल के मैदानों पार्किंग लॉट्स और पार्क में स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्रुप स्विधाओं का विकास किया जाएगा उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर त्वरित कदम उठाएगा

इंड् मिसमी कल्चरल अण्ड लिटरेरी सोसायटी के पाच महिला सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूह ने यह पहल की है और आईएमसीएलएस के प्रेसिडेंट जिंको लिंगी ने सेंटर का उदघाटन किया स्वयं सहायता सम्ह की प्रम्ख अथ्पी अपरावे ने कहा कि इस सेंटर की श्रुआत का मकसद रोजगार पैदा करना और स्थानीय ब्नकरो को आर्थिक रुप से लाभ पहंचाना है इसके अलावा हमारा उददेश्य परंपरागत कपड़ो को भी बढ़ावा देना है

इस कार्यशाला में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने भी हिस्सा लिया इस अवसर पर भाजपा के संगठन मंत्री अनंत मिश्रा ने विकास राष्ट्रीयता देशभक्ति राष्ट्रीय स्रक्षा और सांस्कृतिक धरोहर सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड चार लाख से अधिक मरीज पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं देश में लगातार कोविड मामलों में कमी हो रही है

एफ एस एस ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में मिठाई और मीट की द्कानो के उत्पादो की थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कराने के लक्ष्य को लेकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया फ्ड सेफ्टी और हाईजिन ऑडिटर्स शेख मोहम्मद अब्द्रल मोइज ताज्द्दीन मोहम्मद और अरिफालि जफारी सहित कई अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया इस कार्यक्रम में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बीस फूड ऑपरेटर्स मौजूद थे

स्थानीय लोगों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधो को बढ़ावा देने के लिए सेना के जवानो ने इस उत्सव समारोह में भाग लिया और लोगों को अपना करतब दिखाया

हालाकि इस द्र्घटना में कोई हताहत नही हआ है आग द्र्घटना के कारणो का अभी तक पता नही चल पाया है ईटानगर नगर निगम के डिप्यूटी मेयर बिरी बासांग ने घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है

भारतीय सेना के अधिकारी राहल प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान जोनाई क्षेत्र के छह विदयालयो को शिक्षण कार्य में सुविधा और छात्रों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री वितरित किया गया है